हरियाणा के म्ख्यमंत्री ने नशे के खात्मे के लिए महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर हकोका अधिनियम बनाने की घोषणा की हरियाणा में आज कई जगह बारिश ह्ई यम्नानगर का जल स्तर बढ़ा मौसम विभाग ने कल भी बारिश होने की चेतावनी जारी की

विधेयक पेश करते हये श्री प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के तीन तलाक के खिलाफ दिये गये निर्देश के निर्देश के बाबजूद देश के विभिन्न हिस्सों में यह प्रथा अभी भी जारी है श्री प्रसाद ने स्प्ष्ट किया कि यह निधेयक किसी सम्दाय या धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य म्स्लिम महिलाओं को न्याय सम्मान और समानता का अधिकार देना है लोकसभा में आज इस विधेयक पर चर्चा हई जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने अपने विचार रखे कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने विधेयक का विरोध किया जबकि आरएसपी के सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने विधेयक को एक समुदाय के खिलाफ बताया बीजेपी के मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह विधेयक म्स्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा

श्री जावड़ेकर ने कहा कि वीडियो वाल से और ज्यादा लोगों द्रदर्शन की ओर आकर्षित होंगे उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और सकारात्मक समाचार लोगों तक बिना देरी के पहंचने चाहिए और डी डी न्यूज़ एवं आकाशवाणी इसमें महत्पवर्ण भ्रमिका निभा सकते है श्री जावड़ेकर ने राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक समाचारों के महत्व पर भी ज़ोर दिया सूचना और प्रसारण मंत्री ने द्रदर्शन को चन्द्रयान दवितीय के प्रक्षेपण की लाइव कवरेज के लिये बधाई दी

पीठ ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के म्ख्य सचिवों की बच्चों के विरूदव शोषण के मामले में समय पर फोरेंसिग रिपोर्ट जमा करवाने के निर्देश भी दिये

प्लिस ने आरोपी दोनों नशा तस्करों के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रछताछ शुरू कर दी है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ लडऩे के लिए महाराष्ट्र के मकोका की तर्ज पर हकोका अधिनियम बनाने की घोषणा की है वे आज चंडीगढ़ में नशों की रोकथाम के लिये आयोजित किये गये उतरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत वास्तव में गंभीर चिंता का विषय है इसलिए य्वाओं को नशे के मकडज़ाल से बाहर निकालने और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उनके आज को बचाना अति आवश्यक है उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई न होकर एक सामाजिक समस्या है तथा सभी राज्यों को सांझा रणनीति बनाकर लडऩी होगी इसके लिए राज्यों की सीमाएं आगे नहीं आनी चाहिए उन्होंने कहा कि हमें नशे की आपूर्ति करने वाले लोगों की कड़ी को तोडऩा होगा है और इसके सभी राज्यों को नशा तस्कर है नशे का प्रयोग करने वाले लोगों का एक सांझा डाटाबेस तैयार करना होगा उन्होंने कहा कि पिछले सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा की गई थी और संयक्त रूप से सभी राज्यों ने पंचकला में एक अन्तरराज्यीय ड्रग नियंत्रण सचिवालय की स्थापना पर सहमति बनी थी जो संचालित किया जा च्का है और सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के व्हट्स नम्बर मोबाइल तथा ई मेल पतों की जानकारी इस पर उपलब्ध है सभी राज्यों का डाटाबेस तैयार होने से हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने में आसानी होगी हरियाणा सरकार ने किफायती आवास भागीदारिता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घ्मन्त् जाति के तीन हजार आठ सौ आठ परिवारों के लिये आवासीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का स्वीकृति प्रदान की है

बैठक में झ्ग्गी झोपड़ी विकास के घटक में दो स्लम बस्तियों असंध की डेहाबस्ती और जींद जिले की टपरीवास कालोनियों को विस्तृत कार्य योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगह भारी वर्षा हई मौसम विभाग ने कल भी हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है यमुनानगर में हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के ज्यादातर इलाकों में रात से बारिश हो रही है

इसके अलावा फरीदाबाद क्रूक्षेत्र ताजेवाला सहित कई जगह से भी बारिश होने के समाचार मिले है यम्नानगर से हमारे संवाददाता के अन्सार पहाड़ी इलाकें में हई बरसात से यम्ना का जलस्तर बढ़ गया है

नहरी विभाग के अन्सार राज को जल स्तर मे वृद्वि हो सकती है सिरसा से हमारे संवाददाता के अनुसार तेज़ बारिश से बस अड्डा क्षेत्र बरनाला मार्ग सहित कई इलाकों मे जल भराव की स्थिति पैदा हुई है कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को मौसम को ध्यान रखते हये फसल की बिजाई करने और उनमे दवाईयों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी है मौसम विभाग ने भी प्रदेश के बहत से हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश का अन्मान लगाया है च्नाव आयोग ने हरियाणा लोकहित पार्टी को नया च्नाव चिन्ह सम्द्री जहाज़ अलाट किया गया है यह जानकारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्यमंत्री गोपाल कांडा ने आज सिरसा में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी